मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहुमत खोने का लगाया आरोप

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि ढांचागत कोष के अन्तर्गत एक लाख करोड रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शुरूआत की ये कोष कृषि उद्यमियों स्टार्टअप कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित किसान समूहों के लिए हैं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद एक सौ एक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा रक्षामंत्री ने कहा कि इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिलेगा जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में विधायकों को तोड़ने की परम्परा नहीं रही है और र्मोजूदा दौर में जो हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए

ये समी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आये थे और यहां खेती का काम करते थे

इसके साथ ही कोविड से मृत्युदर घटकर दो दशमलव शन्य एक प्रतिशत रह गई है

एम्स की ही गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार का सुझाव है कि लोगों को सामाजिक दूरी और हाथों की स्वच्छता के साथ साथ खांसते समय भी सावधानी रखनी चाहिए आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये कोरोना महामारी के कारण सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष भागीदारी के कार्यक्रम नहीं होकर संगोष्ठियां और वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किये गये ग्राम पंचायतों में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनियां लगायी गई आदिवासी दिवस पर पहली बार राज्य में सार्वजनिक अवकाश रखा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके र्स काम कर रही है आदिवासी दिवस पर प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में जनजातिय लोगों में विशेष उल्लास दिखाई दिया हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर मानगढ़ धाम पर आदिवासी शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई

दौसा जिले में आज सुबह आदिवासी समाज के लोगों ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए वहां इस अवसर पर मीन भगवान मंदिर पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ इधर सवाईमाधोपुर और बांसवाडा जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

करौली जिला मुख्यालय पर अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान आज वृक्षारोपण और भारत छोडो आन्दोलन विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ सवाईमाधोपुर जिले में इस मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में डेढ सौ पौधे लगाकर गाँधी वाटिका के रूप में विकसित करने का काम भी शुरू हुआ बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें कई साहित्यकार और विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए इधर जैसलमेर में भी अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत जिला मुख्यालय पर पौधारोपण कर शहीदों को याद किया गया अजमेर में जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता सेनानी शोभाराम गहरवार का उनके घर जाकर सम्मान किया

केन्द्र सरकार के कौशल भारत मिशन के तहत हर हाथ को काम देने के लक्ष्य को लेकर चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं

राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य सिरोही जिले में कौशल भारत मिशन से जुड़कर स्थानीय युवा अपनी आजीविका बेहतर बना रहे हैं

मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई विभाग ने आगामी पांच दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत एक लाख करोड रुपये के कृषि कोष की श्रूआत की है

म्ख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियो के हित में खड़े होने की अपील की है भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहमत खोने का आरोप लगाया

विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित हए हैं आज से ही अगस्त क्रांति सप्ताह की भी श्रुआत हुई है प्रदेश में मानस्न रंगत में आज भी कई स्थानों पर झमाझम बारिश के समाचार हैं